मण्डी जिले के सिराज निर्वाचन क्षेत्र के बगस्याड़ व थुनाग में आज जनसभाओं में उन्होंने कहा कि वित्तीय संकट के बावजूद प्रदेश का विकास उनकी वचनबद्धता है जयराम ठाकुर ने कहा कि जंजैहली में एसडीएम कार्यालय के नाम पर कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए लोगों में द्वेष पैदा करने से वे आहत हैं उन्होंने कहा कि जंजैहली व थुनाग उनके लिए एक समान हैं और दोनों क्षेत्रों के लोग उनके परिवार के सदस्य हैं मुख्यमंत्री ने बगस्याड़ में नागरिक अस्पताल की आधारशिला रखी और चिकित्सकों के आवास के लिए अतिरिक्त भूमि जल्द चिन्हित करने के निर्देश दिए थुनाग में उन्होंने सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंडल कार्यालय और मुख्यमंत्री विधानसभा प्रकोष्ठ कैंप कार्यालय का शुभारम्म भी किया सांसद राम स्वरूप शर्मा ने लोगों से क्षेत्र के विकास के लिए एकजुट होने का आहवान किया विधायक विनोद कुमार व इंद्र सिंह गांधी और अन्य गणमान्य लोग समारोह में मौजूद रहे महेन्द्र सिंह सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र में अपने जन संपर्क कार्यक्रम के तहत विभिन्न गांवों का दौरा किया उन्होंने जन समस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया

किशन कपूर खाद्य आपूर्ति व उपमोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने आज विभिन्न पैट्रोल पम्पों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान पाई गई खामियों पर पम्प मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए उन्होंने सोलन ज़िला के दाड़ला मोड़ और ब्रम्हपुखर स्थित पैट्रोल पम्पों का निरीक्षण किया जहां तय मापदण्डों के अनुसार सही व्यवस्था नहीं पाई गई मारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विद्यार्थियों से अपने सांस्कृतिक मूल्य संजोए रखने के लिए हरसंभव प्रयास का आह्वान किया है वे आज उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र राजकीय महाविद्यालय संजौली के वार्षिक समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है ऐसे में सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण ज़रूरी है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्य सरकार आदर्श विद्या केन्द्र नाम से नई योजना शुरू करेगी जिसमें चरणबद्ध तरीके से सभी विघानसभा क्षेत्रों में आदर्श आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे मारकण्डा कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कुल्लू के शाड़ाबाई में एक बैठक में हर विधानसभा क्षेत्र में कृषि उन्नत गांव चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने बताया कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता शिविर भी लगाए जाएंगे उन्होंने कृषि अधिकारियों व वैज्ञानिकों को खेतों में जाकर किसानों की समस्याओं का समाधान करने के अलावा नए वित्त वर्ष के लिए सौ दिन की कार्ययोजना बनाने को कहा गोबिंद सिंह वन व परिवहन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू में मणिकर्ण के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा और कुल्लू थलौट थाची बस सेवा का शुभारम्म किया इस मौके उन्होंने कहा कि कुल्लू थाची बस सेवा से मण्डी जिले के द्रंग और सराज निर्वाचन क्षेत्रों के हज़ारों लोगों को लाभ होगा गोबिंद सिंह ठाकूर ने कहा कि प्रदूषण रहित परिवहन सेवाओं के उद्देश्य से कुल्लू से मणिकर्ण के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवा फायदेमंद साबित होगी इस मौके पूर्व सांसद महेश्वर सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे अनुराग सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राज्य भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शुरू योजनाओं का लाभ इस वर्ग को देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम नियमित तौर पर किए जाएंगे हमीरपुर में आज ऐसे ही एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की सहमागिता भी सुनिश्चित की जाएगी अनुराग ठाकुर ने कहा कि गरीब कामगारों को शुद्ध पेयजल के लिए अगले वर्ष से वाटर प्यूरीफायर दिए जाएंगे लोक अदालत राज्य की विभिन्न अदालतों में आज लोक अदालतों का आयोजन किया गया

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि बजट में बहुत कुछ नया है जिससे ये पहाड़ी प्रदेश प्रगति करेगा और सभी वर्गों के हितों को इसमें समाहित किया गया है

स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बजट को विकासोन्मुखी करार देते हुए कहा कि इसमें स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ करने की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि बजट में शहरी स्थानीय निकायों को सुदृढ़ बनाने संबंधी विभिन्न निर्णय स्वागत योग्य हैं भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष इंदू गोस्वामी ने कहा कि ये बजट महिलाओं के विकास को नई दिशा व गति देगा

शिमला में ज़िला स्तरीय अभियान का शुभारम्भ शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज संजौली में करेंगे इसी तरह सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल कसौली निर्वाचन क्षेत्र के धर्मपुर से अभियान का शुभारम्म करेंगे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कल इसका श्रभारम्भ किया शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर भी इस मौके मौजूद रहे शास्त्रीय नृत्य उत्सव में प्रस्तृति देती हिमाचल की कथक नृत्यांगना अक्षिता धीमान मौका रहा गेयटी थियेटर में शास्त्रीय नृत्य उत्सव के आयोजन का

उत्सव में भाग लेने वाले कलाकारों का उन्होंने सम्मान किया

बड़ी संख्या में कला प्रेमी इस उत्सव को देखने के लिए मौजूद रहे और जाने माने कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों का भरपूर आनन्द उठाया

आयोग के सचिव संदीप नेगी ने बताया कि इसके अलावा कुल्लू की आंचल ठाकूर किन्नौर की शशि नेगी सोलन की सीमा ठाकुर सिरमौर की प्रियंका नेगी और मण्डी की गीता वर्मा को भी कैलेंडर में प्रमुखता से स्थान दिया गया है

उपायुक्त अश्वनी कुमार चौधरी ने बताया कि नवम्बर माह से भारी बर्फबारी के बाद दर्रे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया था और अब मढ़ी व कोकसर में भी बचाव चौकियां स्थापित की गई हैं